प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन बनाते हुए मजबूत और नये भारत की ओर बढ़ रही है

उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नवाचार और नई तकनीकों की जरूरत है प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया कि वे इस साल दो अक्तूबर से अपने घरों कार्यालयों और काम करने के स्थानों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें श्री मोदी ने आज मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की इसका उद्देश्य पशुओं में खुरपका मुंहपका और ब्रसेलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की भी शुरूआत की इससे पहले प्रधानमंत्री पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला देखने गए

श्री डोटासरा ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि शिक्षाविदों की गठित समितियों की सिफारिश के आधार पर राज्य में ऐसे पाठ्यक्रम को वरीयता दी जा रही है जो विद्यार्थियों के ज्ञानवर्द्धन के साथ ही भविष्य में उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करे

श्री मिश्र और राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र ने शहीद स्मारक पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर शहीदों को श्रद्वाजंलि दी इसके बाद राज्यपाल ने राजभवन में अपने कार्यालय पहुंच कर अपना कार्य शुरु किया

दोनों राज्यपालों की ये शिष्टाचार मुलाकात थी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आरके कोठारी ने भी राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मिश्र से भेंट की श्री मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन उनकी पहली प्राथमिकता है राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र हितों का ध्यान रखा जाना जरूरी है इसके लिए प्रवेश परीक्षा और परिणाम का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुरूप होना चाहिए

उन्होंने कहा कि विभाग की टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है साथ ही पश्पालन विभाग से समन्वय कर पश्ओं और बाड़ों पर साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करवाया गया

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन दोनों पदों पर नियुक्ति को आज मंजूरी दे दी और इनकी नियुक्ति आज से ही प्रभावी होगी

इसका प्रसारण रात सवा आठ बजे से होगा

इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्टोर के उत्पादों की गुणवत्ता और बढ़ाई जायेगी ताकि इन्हें देशभर में बेचा जा सके

इसके तहत शहर के दानदाताओं शिक्षकों और कॉलेज से पास हो चुके विद्यार्थियों से पुस्तकें दान ली जाएगी कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने समी प्राचार्यों को इसके लिए आदेश दिए हैं

रेलवे द्वारा एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक बॉटल को नष्ट करने के लिये जयपुर जंक्शन और गांधी नगर स्टेशन के अलावा अजमेर आबूरोड जोधपुर जैसलमेर तथा अलवर स्टेषनों पर बॉटल क्रष मषीनें लगाई गई हैं जल्दी ही पाली मारवाड जंक्शन बाडमेर और नागौर स्टेषनों पर भी ऐसी मषीनें लगायी जायेंगी

मौसम विभाग के अनुसार इसके अलावा चित्तौड उदयपुर बारा सिरोही जालोर और भीलवाडा जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हई है

उधर राज्य के उत्तरी हिस्सों में गर्मी और उमस बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है

इस दिन सभी मतदान केन्द्र खुले रहेंगे ्नागौर जिले के पशुओं के लिए आठवें चरण का टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा

्नागौर शहर के जोधपुर बीकानेर बाईपास पर ट्रेलर के नीचे आ जाने से ट्रेलर के खलासी की मौत हो गई ् कोटा के जिला कलेक्टर ने कल अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है कोटा में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर विशाल शोभायात्रा निकालकर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है